इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सबके लिए स्रक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य इस सम्मेलन में केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवाय् परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी भाग लेंगे नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एण्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा आयोजित यह बीसवां शिखर सम्मेलन है जिसमें सतत विकास पर तीन दिन तक चर्चा होगी इस सम्मेलन में कई देशों की सरकारें बिजनेस लीडर शिक्षाविद वैज्ञानिक य्वा और सामाजिक संगठन भाग ले रहे हैं जो जलवाय् परिवर्तन से संबंधित च्नौतियों से निपटने के बारे में चर्चा करेंगे प्रदेश कोविड प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है

इस बीच राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ संतोष श्क्ला ने बताया की अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं का टीकाकरण स्चारू रूप से जारी है

साथ ही यूनिसेफ डब्लूएचओ और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि भी सहभागिता करेंगे

म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दवारा ग्वालियर व्यापार मेले में वाहनों के पंजीयन श्ल्क में छूट देने की घोषणा की है

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि मेले में कोविड गाइडलाइन का पालन भी स्निश्चित किया जायेगा

मांड् उत्सव के दौरान ऐतिहासिक शहर के अनेक रोचक पहल्ओं से पर्यटकों को अवगत कराया जाएगा उत्सव के दौरान कबीर कैफे और मुक्त म्यूजिक बैंड के साथ ही स्थानीय कलाकार भी मनमोहक प्रस्त्ति देंगे प्रातःकालीन योग सत्र हेरिटेज वॉक्स साइकिलिंग टूर स्टोरी टेलिंग ट्रेजर हंट फोटो प्रतियोगिता जैसी रोचक गतिविधियों में हिस्सा लेने के साथ स्थानीय संस्कृति कला और स्थानीय व्यंजनों के स्वाद से पर्यटक परिचित होंगे